मंत्री मंडल विस्तार मध्यप्रदेश में शीघ्र ही राज्य मंत्रिमण्डल का विस्तार किये जाने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमण्डल का विस्तार किया जाएगा सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंत्री मंडल विस्तार के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से विस्तार से चर्चा की है इस बीच प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कल सुबह लखनउ से भोपाल पहचेंगी वे पहले स्वयं शपथ ग्रहण करेंगी

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और करदाताओं के लंबित विवादों का समाधान करना है

सक्रिय प्रकरणों की संख्या ढ़ाई हजार के आसपास बनी हुई है

जिला प्रशासन ने मॉस्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर जुर्मानें की कार्यवाही के निर्देश दिये हैं किल कोरोना प्रदेश के साथ साथ जबलप्र जिले में भी एक जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया जाएगा अभियान को लेकर की जा रही व्यापक तैयारियों के बारे में जिला कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि यह अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साथ साथ चलाया जाएगा

आज हम बताने जा रहे हैं शिवप्री की निराशा राजपूत की शून्य से स्वाबलंबी बनने की कहानी आर्थिक रूप से कमजोर निराशा ने मप्र ग्रामीण आजीविका मिशन के समृह से जुड़कर पहले खूद को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसके बाद कई महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया

धान रोपाई खरीफ की ब्आई में धान रोपण को सरल बनाने के उददेश्य से राज्य सरकार ने होंशगाबाद जिले के किसानों को ट्रांसप्लांटर मशीन उपलब्ध कराई है

साथ ही इस धरना प्रदर्शन में भाजपा की जनविरोधी नीतियों पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही मूल्य वृद्धि समर्थन मूल्य पर खरीदी में भ्रष्टाचार सहित कई मामले को उजागर करेगी मौसम बारिश प्रदेश में बारिश का दौर जारी है

वहीं शहडोल संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई राजधानी भोपाल में धूल खिलने से दिन भर उमस भरी गरमी रही प्रदेश के शेष भागों में भी मौसम शष्क रहा

लोकमान्यता के अनुसार आषाढ़ महीने की नवमी को भड़ली नवमी कहा जाता है इसे अब्रझ मुहूर्त भी माना जाता है इसमें कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है

पिछले एक महीने के दौरान सभी कार्यालयों को आधी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिये गये थे